गृह राज्यमंत्री नित्यानन्द राय ने इस बारे में सांसदों चन्दन सिंह और नमा नागेश्वर के सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री भी यह स्पष्ट कर चुके है कि अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे है

इन रोगियों की हालत स्थिर है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है इस बीच देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई ऐहतियाति कदम उठाए गए है जिनमें चीन से आने वाले यात्रियों के ई वीजा को अस्थायी रूप से रोकना भी शामिल है इधर राजस्थान में अब तक कोरोना वायरस के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है

लोगों में इस रोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है इस दिन विशेष रूप से लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार को लेकर जानकारियां दी जाती है प्रदेश में भी इसे लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इस दौरान विभिन्न जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग शिविर भी लगाए गए है अलवर में इस अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गो से होकर गुजरी इसमें विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड्र ने इस अवसर पर चिकित्सा जगत और विशेषज्ञों से कैंसर की रोकथाम के लिए सभी कदम उठाने की अपील की है

भरतपुर में सप्ताह के पहले दिन स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली निकाली गई वहीं जिला कलेक्टर ने यातायात नियमों का पालन करने की लोगों को शपथ दिलाई अलवर में पुलिस अधीक्षक अनिल परिसदेशमुख ने राहगीरों को फूल देकर यातायात नियमों की पालना करने के लिए समझाईश करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्म किया गौरतलब है कि पूरे सप्ताह के कार्यक्रमों में युवा वर्ग को जागरूक करने पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाएगा सभी सरकारी कार्यालयों विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी

उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि घर पर आपके प्रियजन आपका इंतजार कर रहे हैं

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है

यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजौले अल्बर्ट हॉल में आयोजित समारोह में यह प्रमाण पत्र देगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेगें इस अवसर पर ऑड्रे अजौले को सम्मानित भी किया जाएगा समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे गौरतलब है कि जयपुर शहर को पिछले वर्ष यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था

सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से सजा कैमल माउंटेन बैंड लोक गीत संगीत और राष्ट्रभक्ति के गीतों की स्वर लहरियां महोत्सव का खास आकर्षण का केंद्र होगी